प्रदेश में कई स्थानों पर आज बरसात हुई

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इस योजना की तैयारियों की समीक्षा बैठक में ये बात कही राज्य सरकार ने कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार करने के लिए ये योजना शुरु की है

रेल्वे स्टेशन बस स्टैंड अस्पताल और चौखटी पर रसोइयां खोली जाएंगी जहां लोगों की अधिक उपस्थिति रहती है

मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलक्टरों को इस योजना के संचालन के लिए सेवाभावी संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं

इस बीच हर जिले के प्रभारी सचिव अपने जिले का दौरा कर कोरोना की रोकथाम के लिए किये जा रहे कार्यों का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिये

एक दिन में स्वस्थ होने वालों की यह सबसे बड़ी संख्या है

कोरोना से मृत्युदर भी घटकर दो दशमलव एक तीन प्रतिशत रह गई है

उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है गृहमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी उन्होंने कहा कि उनकी तबियत अभी ठीक है लेकिन डॉक्टर्स की सलाह पर वे अस्पताल में भर्ती हुए हैं

ये कोष फरीदाबाद भूवनेश्वर नई दिल्ली पूणे और बेंगलुरू में बनाए गये हैं

उन्होंने आज संस्कृत दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को सम्बोधित किया श्री मिश्र ने लोगों से अपने बच्चों को संस्कृत शिक्षा से जोड़ने का अनुरोध किया

सुक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने देश को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से शुरु किये गए रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन के नाम से शुरु किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सो में बेरोजगार और प्रवासी मजदूरो को रोजगार उपलब्ध कराना है प्रायोगिक परियोजना के रूप में इसकी शुरुआत जल्द की जाएगी इसके पूरी तरह लागू हो जाने पर अगरबत्ती उद्योग में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा

खूले में शौच मुक्त यानि ओडीएफ की स्थिति बरकरार रखने और कोई भी परिवार शौचालय से वंचित न रहे यह सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है इसे ओडीएफ प्लस का नाम दिया गया है जिसमें ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है प्रदेश में भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे कार्यक्रमों से लोगों में सफाई के प्रति जागरुकता आई है

इस मौके पर राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किये जाऐंगे

रक्षा बंधन का त्यौहार प्रदेशभर में कल मनाया जाएगा राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को रक्षा बंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्यौहार महिलाओं के प्रति आदर और सुरक्षा की भावना को मजबूत करता है विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने भी लोगों को शुभकामनाए दी हैं राज्य के बाजारों में इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए रौनक कुछ कम है हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि वहां लोग घरों में बनी हुई राखियां और ई राखी को भी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं राज्य सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है ये सुविधा प्रदेश की सीमा में यात्रा करने पर मिलेगी सीकर में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत महिलाओं ने राखी बनाने का काम शुरु किया है

इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायतों को सशक्त बनाना सरकारी कार्यक्रमों पर लोगों की राय लेना स्थानीय स्तर पर आर्थिक क्षमता का आकलन करना तथा ग्रामीण आवश्कयताओं का पता लगाना है

ताकि वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये अपने परिवार और दोस्तों से बातचीत कर सकें े इससे उन्हें मानसिक दबाव से उभरने में मदद मिलेगी हालांकि अस्पताल वार्ड में मोबाइल फोन की अनुमति है लेकिन कुछ मरीजों के परिजनों ने केन्द्र सरकार को लिखा था कि अस्पताल प्रशासन रोगियों को मोबाइल फोन साथ ले जाने की अनुमति नहीं दे रहा है

आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की विशेष अपील कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और दो गज की दूरी बनाए रखें बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें